दोपहर तक चुनाव परिणाम आने का अनुमान है पूरी मतगणना प्रकिया की वीडियाग्राफी की जा रही है निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर रूझान और परिणाम उपलब्ध करा रहा है शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बांसठ दशमलव पांच नौ प्रतिशत मतदान हुआ था

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा और राज्यसभा में केन्द्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देंगी इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने दोनो सदनों के सदस्यों को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है

इस दौरान कई राजनीतिक दलों के सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे बजट सत्र का पहला चरण आज समाप्त हो जाएगा और दूसरा चरण अवकाश के बाद अगले महीने की दो तारीख से शुरू होगा

सबसे बडा हादसा भीलवाडा में हुआ

भीलवाडा के पुलिस अधीक्षक हरेन्द्र क्मार ने आकाशवाणी को बताया कि मृतको की संख्या बढ सकती है उन्होंने बताया कि घायलों को भीलवाडा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के उपचार के लिए निर्देश दिए है स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों की सही देखभाल के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों को तैनात किया जाए बाडमेर जिले के मुगेरिया गांव में मोटरसाईकिल की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई और जोधपुर में कल देर शाम बस पलटने से उसमे सवार मां बेटे की मौत हो गई वहीं बांसवाडा को लुहारिया थाना क्षेत्र के बम्बोरा तालाब सड़क मार्ग पर कल देर शाम दो मोटरसाईकिलों की आमने सामने की टक्कर में एक मोटरसाईकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर घायल हो गए जिनका ईलाज अस्पताल में किया जा रहा है राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर प्रदेश में स्थायी रूप से रह रहे लोगों को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाए कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने परिपत्र में कहा है कि संबंधित व्यक्ति पूर्व और वर्तमान निवास पर अपने परिवार की आय और सम्पति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे ऐसे व्यक्तियों की दोनों निवास स्थानों की आय की संयुक्त गणना की जाएगी

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने को कहा है

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी जिला स्तरीय और उच्चस्तरीय अस्पतालों में उपयोग में लाए जा रहे ऐसे उपकरणों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं जो वर्तमान में प्रचलन से बाहर हो चुके हैं कोर्ट ने सरकार को इन उपकरणों को नई तकनीकी के उपकरणों से बदलने के लिए एक कार्य योजना बनाने को भी कहा है

च्रू जिले के रतनगढ़ में पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर पांच युवकों को क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया गया है ये पांचों आरोपी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे मैच पर सट्टा लगा रहे थे